मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक जन्मेजय सिंह के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है अपने शोक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि जन्मेजय सिंह एक समर्पित जनप्रतिनिधि थे वे हमेशा अपने क्षेत्र के विकास के लिये तत्पर रहते थे समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के हितों के प्रति वे अत्यन्त संवेदनशील थे उनके निधन से पार्टी ने एक समर्पित कार्यकर्ता तथा जनता ने अपना एक सच्चा हितैषी खो दिया है

विधायक की हालत बिगड़ने पर लोहिया अस्पताल में भर्ती किया गया था जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई इससे पहले उनकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई थी विधानसभा अध्यक्ष सहित सभी दलों के नेताओं ने जन्मेजय सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है

विधानसभा का तीन दिन का मानसून सत्र कल से शुरू हुआ था कल भी दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी वहीं विधान परिषद में आज कानून व्यवस्था के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों ने सदन से बहिगर्मन किया शून्यकाल के दौरान सपा सदस्यों ने कार्यस्थगन की सूचना के जरिये प्रदेश की कथित खराब कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया सपा सदस्य नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिये सरकार ने बड़े बड़े दावे किये हैं लेकिन आम जनता को उचित इलाज नहीं मिल रहा है

नेता सदन के इस जवाब से असंतुष्ट सपा सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गये इसके बाद बसपा सदस्यों ने प्रदेश की कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए सदन का काम रोक कर इस पर चर्चा कराये जाने की मांग की

वाराणसी के अस्सी घाट से ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छता अभियान की शुरूआत की थी

इसको लेकर जिले में हर्ष का माहौल है

वाराणसी नगर निगम के मुताबिक घाट और शहर की सफाई कूड़े का उठान नालों की साफ सफाई और स्वच्छता के लिए लोगों की जागरूकता पर फोकस किया गया जिसका असर अब देखने को मिल रहा है गुरुवार को नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन को साथ महापौर मृदुला जायसवाल कमिश्नर दीपक अग्रवाल जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा और नगर आयुक्त गौरांग राठी को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये यह पुरस्कार दिया गया मनोज त्रिपाठी आकाशवाणी समाचार वाराणसी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

अमर सिंह के निधन के बाद प्रदेश की राज्यसभा की सीट को निर्वाचन आयोग ने रिक्त घोषित किया है

चुनाव आयोग ने आज इसकी घोषणा की

प्रदेश के राहत आयुक्त संजय गोयल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित जनपदों के जिलाधिकारियों को तटबंध की निरन्तर पेट्रोलिंग करने के साथ साथ बांधों में कटान की स्थिति पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री ने पशुओं के आहार की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये हैं उन्होंने जिलाधिकारियों को प्रद्रषित जलजनित एवं वैक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिये आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं साथ ही इन रोगों के उपचार के लिये समूचित दवाओं का पर्याप्त स्टॉक भी सुनिश्चित करने को कहा है श्री गोयल ने बताया कि बताया कि प्रदेश में वर्तमान में सभी तटबंध सुरक्षित है कहीं भी किसी भी प्रकार की चिंताजनक परिस्थिति नहीं है

साथ ही बाढ़ पीड़ित परिवारों को खादयान किट का वितरण किया जा रहा है

शारदा राप्ती और सरयू नदियां कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है

मृत्यु दर में तेजी से कमी आ रही है और अब यह दर एक दशमलव आठ नौ प्रतिशत पर आ गई है

कृषि और कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि प्रदेश में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है सरकारी विभागों में नियुक्तियों में की गई अनियमितता और धांधली की जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है श्री शाही ने लखनऊ में कल आयोजित प्रेस वार्ता में यह बात कही

इसमें तत्कालीन डीजी सचिव तथा सहायक निदेशक सहित कई अधिकारी दोषी पाये गये अब शासन ने भर्ती अफसरों को बर्खास्त कर दिया है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलिया के बेल्थरा रोड पर उपजिलाधिकारी अशोक चौधरी द्वारा जनता के साथ किये गये दुर्व्यवहार की घटना का संज्ञान लेते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है श्री चौधरी को राजस्व परिषद से सम्बद्ध कर दिया गया है